उत्तर प्रदेश विधानमंडल का चार दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों खासकर सपा के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया सपा के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गये और नागरिकता संशोधन कानून महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हुए नारेबाजी करने लगे

इसी तरह चिकित्सा शिक्षा के लिये दो सौ अस्सी करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है जिसमें जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अन्तर्गत तेरह जिलों के लिये कुल दो सौ साठ करोड़ रूपये जेके इंस्ट्टीयूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड कैंसर रिसर्च कानपुर के लिये बीस करोड़ रूपये की मांग की गई है अनुपूरक बजट में पचायती राज के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्राम्य स्वराज अभियान के लिये दो सौ इक्कीस करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है वहीं तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव के आयोजन के लिये लगभग उन्नीस करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू मौलवी एवं प्रबुद्धजनों से संवाद स्थापित कर उन्हें बताएं कि नागरिकता संशोधन कानून किसी जाति मत या मजहब क खिलाफ नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने आगजनी की है वह लोग छात्र नहीं बल्कि उपद्रवी है

गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हाल में लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्ष के गैर जिम्मेदार सदस्यों के जहरीले दुष्प्रचार के कारण देशभर में हिंसक घटनाएं हुई हैं उन्होंने कहा कि कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले राजनीतिक दलों को ऐसा करना बंद करना चाहिए श्री रेड्डी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए है यह किसी क्षेत्र धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है उन्होंन कहा कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह गलत है गृह मंत्रालय ने देश के कुछ भागों में हिंसक घटनाओं और सरकारी सम्पत्ति क नुकसान की खबरों के मद्देनजर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने उनसे कहा है कि वे हिंसा रोकने नागरिकों की सरक्षा सुनिश्चित करने और सम्पत्ति के नुकसान को रोकने के लिए सभी पर्याप्त उपाय करें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है लोगों से कहा गया है कि वे कानून और व्यवस्था शान्ति और धैर्य बनाये रखने के सभी उपाय करें

न्यायालय ने सेंगर की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए उसके नामांकन पत्रों का विवरण मांगा है ताकि उस पर ज़ुर्माना निर्धारित किया जा सके इस बीच केन्द्रीय अन्वेमषण ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले में सेंगर को आजीवन कारावास की सजा की मांग की है

देश के उत्तरी भागों में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारो और शीत लहर के कारण प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर ठंड में इजाफा हुआ है जिससे आम जन जीवन प्रभावित हुआ है

वहीं विभिन्न जिलों के विद्यालयों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है सर्दी बढ़ने से बाजारों अदालतों और बस स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही कम देखी गई इस बीच सभी जनपदों में प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने लोगों को ठंड से बचाने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और रैन बसेरों का प्रबंध किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति ठंड के दौरान खुले में न सोये इसके लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जाये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां का स्वार विधानसभा से निर्वाचन रद्द कर दिया है

इसलिए अब्दुल्ला आजम खां चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते थे स्वार क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली ने अदालत में याचिका दायर कर अब्दुल्ला आजम खां पर जन्मतिथि से संबंधित फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था

निर्भया की मॉ आशा देवी ने कहा कि अभियुक्तों ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं छोड़ा है

मुख्य न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबड़े के नेतृत्व में पीठ ने इस जनहित याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया इस याचिका में समूदाय की राज्यव्यापी जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई थी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ब्याज छूट की योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में परिवर्तन की मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से कम लागत पर ऋण सुविधा मिलने के साथ इन उद्यमों की उत्पादकता में वृद्धि होने की उम्मीद है उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वास्ते ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अगले सेना प्रमुख होंगे अभी वे उप सेनाध्यक्ष हैं

सितंबर में उप सेनाध्यक्ष बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख थे

यह उनकी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक थी इस दौरान निजी निवेश को प्रभावित करने वाला विनियामक वातावरण बढ़ती सरंक्षणवादी प्रवृत्तियों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय औद्योगिक उत्पादन लॉजिस्टिक और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बीच निर्यात बढ़ाने के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई